विधानसभा सत्र से पहले आज हुई राज्यमंत्रीमण्डल की बैठक आयुष नीति को मंजूरी सहित कई फैसले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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

सत्र की शुरूआत राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से होगी

बजट सत्र में कोरोना गाइडलाइन की पालना की जायेगी

इस बीच सत्र के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति को लेकर भाजपा विधायक दल की आज जयपुर में बैठक हुई इसी सिलसिले में कोंग्रेस और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायकों की बैठक कल होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रीमंडल की बैठक हुई जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई बैठक में राज्य की आयुष नीति को मंत्रीमंडल ने मुहर लगा दी इसके अलावा मंत्रमंडल ने राजस्थान किराया नीति को भी मंजूरी दे दी मीटिंग में राजस्थान रत्न पुरस्कार और गांधी सद्भावना पुरस्कार के बारे में भी चर्चा हुई मंत्रीमंडल की बैठक में कल से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर भी रणनीति पर मंथन हुआ

इस बीच आज मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने जयपुर में कोविड वेक्सीनेशन स्टीयरिंग कमेटी की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक ली मुख्य सचिव ने मार्च माह में शुरू होने वाले वेक्सीनेशन के तीसरे चरण को बड़ा और महत्वपूर्ण टास्क बताते हये अभी से योजना बनाकर तैयारी करने के निर्देश दिए इस अवसर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान कोरोना वेक्सीनेशनल में देश में तीसरे स्थान पर है

हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जनजागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं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

उन्होंने नवाचारों को बढ़ावा देने पर बल दिया

एमए राकेश हिन्दी उद्दे और फारसी के रचनाकार थे उन्होंने रूबाइयात ए उमर खययाम का हिन्दी में अनुवाद किया था वे पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेश जोशी के प्रेस सलाहकार भी रहे

गर्भवती महिलाओं को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की जानकारी भी दी गई

आरोपी पटवारी द्वारा यह राशि छिपाबड़ौद स्थित परिवादी की भूमि का नामांतरण खोलने तथा मुआवजा दिलवाने की एवज में ली गयी

रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गयी है